ये बात म्ख्यमंत्री ने कल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्रियों के साथ लॉकडाउन के दौरान माल की बिना किसी परेशानी से आवाजाही पर चर्चा के लिए आयोजित वीडियों कॉफ्रेसिंग में कही राजमार्गों पर निर्माण कार्य में तेजी लाने पर श्री खांडू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान राज्य में सभी महत्वपूर्ण राजमार्गों पर काम किया जा रहा है और भूमि अधिग्रहण म्द्दों को भी प्राथमिकता पर लिया जा रहा है

बैठक के दौरान श्री गड़करी ने अंतर राज्यों में आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही में अवरोधों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया

डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से इस महामारी की रोकथाम के उपाय तलाशने में तेजी लाने की अपील की

यह टनल राज्य में बाहर से आए सभी वाहनों को निस्संक्रण करने के लिए उपयोग किया जाएगा इसके अलावा जिला प्रशासन ने चेक गेट में हैंडस्फ्री हैंड वाश पॉईंट भी स्थापित किया

एक अधिकारिक विज्ञप्ति में वेस्ट सियांग जिला उपाय्क्त स्वेतिका सचन के हवाले से कहा गया है कि लोगों में दहशत पैदा करने के लिए सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि स्थानीय व्हाट्सएप ग्रूप में कोविड पॉजिटिव की फैक न्यूज न केवल लोगों में आशंका और दहशत की लहर पैदा करती है बल्कि इस तरह के अन्चित और निराधार सजा के लिए भी उत्तरदायी है इस बीच गैर सरकारी संगठन के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश चिकित्सक संघ की वेस्ट सियांग जिला इकाई अपने अभियान मास्क फॉर ऑल के तहत कम्बा अंचल के अंदर लगभग सभी गांवों में मास्क का वितरण कर लिया और जिले में सामाजिक दूरी पर जागरुकता पैदा की है

तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में देश और विदेश के कई विश्व विद्यालयों के संकाय भाग ले रहे है इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों को इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न माध्यमों और सॉफ्टवेर के बारे में जागरुक करना है

जिला उपाय्क्त ने जोर देकर कहा कि यह उपभोक्ताओं की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे हर खरीदारी के बाद कैश मेमो की मांग करें उन्होंने बताया कि मूल्य वृद्धि के मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी और विनियमित कीमतों और एम आर पी के उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी